प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव मुद्दे पर प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ आज नई दिल्ली में बैठक कर रहे है

राज्य में एक्यूट इनसेफेलाइटिस सिन्ड्रोम चमकी बुखार से बचाव के लिये चिकित्सा विभाग को अलर्ट किया गया

कांग्रेस डी एम के तणमल कांग्रेस बीजू जनता दल तेलगू देशम वाईएसआर कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना सहित सभी प्रमुख दलों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें ओम बिड़ला का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया था कार्यवाहकअध्यक्ष वीरेन्द्र कृमार ने ओम बिड़ला के लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने की घोषणा की इसके बाद प्रधानमंत्री और विभिन्न दलों के नेता उन्हें अध्यक्ष के आसन तक ले गए इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिड़ला को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपना सारा जीवन जन सेवा में लगा दिया

उन्होंने सदस्यों को आश्वासन दिया कि वे सभी को समान अवसर देंगे श्री बिड़ला ने कहा कि एनडीए सरकार को मिले भारी जनसमर्थन को देखते हए उन्हें उम्मीद है कि सरकार पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी इससे पहले सभी दलों के नेताओं ने बिड़ला को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से विचार साझा कर सकते हैं

जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वस्थवृत्त और योग विभाग की ओर से योग जागरण पदयात्रा का आयोजन किया गया संस्थान के निदेशक प्रो संजीव शर्मा ने शंख ध्वनि के साथ इसे रवाना किया इस पदयात्रा में एक हजार से अधिक लोगों ने शिरकत की

नागौर में योग दिवस के व्यापक प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए योग समिति की ओर से वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गो से निकाली गई आमजन को योग से स्वस्थ्य रहने का संदेश दिया गया

प्रतापगढ़ में योग दिवस की पूर्व तैयारियों को लेकर आज जिला न्यायालय परिसर में योगाभ्यास करवाया गया जिसमें बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारियों वकीलों और पक्षकारों ने योगाभ्यास किया झालावाड में मिनी सचिवालय से झालरापाटन होते हुए वापस मिनी सचिवालय तक जागरूकता साईकिल रैली निकाली गई योग दिवस के सिलसिले में कल जयपुर में पत्र सूचना कार्यालय रीजनल आउटरीच ब्यूरो और राष्ट्रीय योग परिषद की ओर से योग पर संघोष्ठी का आयोजन किया जायेगा आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को इस बीमारी से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है

यह दिन हर वर्ष सिकल कोशिका बीमारी और उसके उपचार के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है

उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने आज जयपुर में आगामी स्टोन मार्ट के आयोजन संबंधी समझौते के मौके पर ये जानकारी दी श्री मीणा ने कहा कि राज्य में नई उद्योग नीति के साथ ही निवेश का इस तरह का वातावरण तैयार किया जा रहा है जिससे प्रदेश में अधिक से अधिक छोटे बड़े उद्योग लगे और निवेशक आगे बढ़कर निवेश करें उन्होंने बताया कि राज्य में नया अध्यादेश लाकर निवेशकों को उद्योग मित्रा पोर्टल पर आवेदन कर उद्योग शुरु करने का अवसर दिया गया है

आज भरतपुर में एक बैठक में उन्होंने कहा कि पुलिस और एटीएस सहित धौलपुर के जिला पुलिस अधीक्षक स्वयं डकैत जगन गूर्जर को पकडने के लिये चलाये जा रहे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे है और शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जायेगा

बूंदी में जिला कलेक्टर रूकमणी रियार ने राजस्व अधिकारियों की बैठक ली उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों और तहसीलदारों को राजस्व मामलों को तेजी से निपटाने के निर्देश दिये झुंझुनू के गुढागौडजी इलाके के सिंगनौर गांव में आज एक कुई धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई

झालावाड में जिला कारागृह में आज मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की टीम द्वारा तम्बाकू मुक्ति और उपचार शिविर का आयोजन किया गया